राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिग के पालन का किया आग्रह

चतरा जिले में पुलिस ने न्यू जेपीसी गिरोह के पांच सदस्यों को भारी मात्रा में हथियार के साथ किया गिरफ्तार

शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

केन्द्र ने कहा है कि पिछले छह महीनों में जीएसटी राजस्व की वसूली एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के स्तर पर बनी हुई है

श्रीमति मुर्म् ने कहा कि देश में युद्ध स्तर पर कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी होगी उन्होंने सभी व्यापारियों दुकानदारों से स्वयं मास्क पहनने के साथ ग्राहकों को भी मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिग का पालन सुनिश्चित करने को कहा है राज्यपाल ने कहा कि सभी के संकल्प से कोरोना पर विजय पायी जा सकती है

प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है

इस संबंध में गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक कर पहले से चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के अनुभवों के आधार पर इस ्टीकाकरण अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने पर विशेष जोर दिया

धनबाद बोकारो पूर्वी सिंहभूम समेत विभिन्न जिलों टीकाकरण में तेजी आयी है

उपायुक्त छवि रंजन ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में बैठक कर कोरोना टीकाकरण और अस्पतालों में संक्रमितों के उपचार की तैयारी का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में उनके इलाज की पूरी तैयारी की गयी है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तंरह पालन किया जा रहा है

पुलिस अधीक्षक ऋषव झा द्वारा गठित विशेष छापेमारी दल ने अभियान के दौरान अपराधिक गिरोह न्यू जेपीसी के पांच सदस्यों को सिमरिया थाना क्षेत्र के बोगादाग और हरनाली गांव से गिरफ्तार किया है

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थाएनों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑन लाइन लेन देन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा छह महीने बढ़ा दी है

नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व निर्दिष्ट रेकरिंग स्वतः भुगतान के लिए सत्यापन की अतिरिक्त सुविधा शामिल की गई है चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के मंडल रेलवे अस्पताल को अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल कर लिया गया है इससे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिलेगा आज इस योजना का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और चक्रधरपुर के विधायक ने संयुक्त रूप से किया

पुलिस ने इस गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की यह प्रस्कार उन्हें अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है

उन्होंने कहा कि वे अपनी विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं

समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशक पम्मी सिन्हा ने रामगढ़ के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ रामगढ़ के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने पलामू में पलाश के पौधे से लाह की खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है आयुक्त पांकी रोड रांची रोड सहित प्रमंडल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर किसानों को आत्मनिर्भरता बनाने के दिशा में पहल कर रहे हैं कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों से विमर्श कर लाह की खेती को बढ़ावा दिलाया जायेगा